लोकसभा अध्यक्ष चुनाव संसद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होगा भारतीय जनता पार्टी ने इस पद के लिए अपने सांसद ओम बिड़ला को नामांकित किया है राजस्थान के कोटा से दूसरी बार सांसद चुने गए ओम बिड़ला ने कल नामांकन भरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह और नितिन गडकरी ने उनके नामांकन का प्रस्ताव किया बीजू जनता दल शिवसेना अकाली दल लोक जनशक्ति पार्टी वाईएसआर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने उनके नामांकन का समर्थन किया है कांग्रेस ने भी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन का फैसला किया है कल शाम संसद में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की बैठक में यह निर्णय लिया गया ऐसे में बिड़ला का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना तय है आज इसका औपचारिक ऐलान किया जायेगा एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ आज नई दिल्ली में बैठक करेंगे

कार्यवाही सुचारु बनाकर संसद की कार्य क्षमता बढ़ाने और आकांक्षी जिलों के विकास के बारे में भी चर्चा होगी सेना राशन सरकार ने शान्ति क्षेत्र में तैनात सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों के लिए राशन फिर बहाल करने की घोषणा की है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब शान्ति क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकारियों सहित सेना के सभी स्तर के अधिकारियों को राशन मिलेगा उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय तथा सैनिक बलों के सभी स्तरों पर प्रयासों के बाद राशन की यह बहाली संभव हो पायी है गोबर कागज बैतूल में युवा इंजीनियर श्रेयांशी ग्रप्ता ने गोबर से कागज बनाने में सफलता हासिल की है उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट पेटेन्ट भी हासिल कर लिया है श्रेयांशी ने नागपुर में एमटेक करते हुए गोबर से कागज बनाने के इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था श्रेयांशी का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और कागज के लिए पेड़ों की कटाई भी रूक जायेगी

जिनमें केन्द्रीय मंत्री के बेटे प्रबल पटेल शामिल है

साथ ही इस आशय का पत्र भारत के अन्य राज्यों को भी भेजा जाएगा इससे वन क्षेत्र में जरूरी विकास कार्यों में गति आयेगी श्री सिंघार ने कल मंत्रालय में वन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये दो दिवसीय समीक्षा के पहले दिन कल विकास वन्यप्राणी अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी संयुक्त वन प्रबंधन वन भू अभिलेख संरक्षण और उत्पादन प्रभाग की गतिविधियों की समीक्षा की गई वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पेड़ पौधों की निगरानी के लिये जीआईएस आधारित सेटेलाइट इमेजरी व्यवस्था शुरू की जा रही है

आज बरमिंघम में न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा टीम इंडिया शनिवार को साऊथैम्पटन में अफगानिस्तान के साथ अपना अगला मैच खेलेगी

घायलों को ईलाज के लिए इन्दौर ले जाया गया है